दो पालियों में आठ मार्च को होगी परीक्षा प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के नब्बे हजार से अधिक पदों के लिए चल रही नियोजन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय ने अठारह माह से डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को नियोजन प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया है इसी आदेश के आलोक में नियोजन प्रक्रिया स्थगित की गयी है उन्होंने कहा कि विधि विभाग से परामर्श के बाद नया शीड्यूल जारी किया जायेगा केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष राज्य के गरीबों को दस लाख बारह हजार से अधिक आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया है इन आवासों का लाभ अल्पसंख्यक समेत सभी समाज के गरीबों को मिलेगा प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले यह लक्ष्य आठ लाख आवास बनाने का था लेकिन बाद में सरकार ने इसे संशोधित करते हुये दस लाख बारह हजार से अधिक आवास बनाने का निर्णय लिया आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पहले से तैयार चिन्हित और प्रतीक्षा सूची में शामिल गरीब लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित मुखिया सरपंच पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य समेत अन्य प्रतिनिधियों को अपनी सम्पत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना होगा उन्होंने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश भेज दिया है श्री मीणा ने कहा कि इकतीस दिसम्बर दो हजार उन्नीस को आधार मानकर सम्पत्तियों का ब्योरा जारी करना होगा सम्पत्ति का ब्योरा जिलाधिकारी को सौंपना होगा जनप्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराये गये ब्योरों को जिले की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत खाली पदों को भरने के लिए अठारह मार्च को उपच्रनाव होगा राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार से दो हजार तीन सौ इकतीस रिक्त पदों पर उप चुनाव के लिए कार्यक्रम की अनुशंसा की है कार्यक्रम के अुनसार उप चुनाव की अधिसूचना उन्नीस फरवरी को जारी की जायेगी केन्द्रीय चयन पर्षद् सिपाही भर्ती ने बीस जनवरी को स्थगित की गयी सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए नई तिथि की घोषणा कर दी है अब यह परीक्षा आठ मार्च को होगी पहली पाली की परीक्षा दिन के दस बजे से बारह बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से चार बजे तक होगी प्रवेश पत्र पर्षद् की वेबसाइट सीएसबीसी डॉट बीआईएच डॉट एनआईसी डॉट इन पर बीस फरवरी से उपलब्ध रहेगा ग्यारह हजार आठ सौ अस्सी पदों के लिए होने वाली परीक्षा में लगभग छह लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रदेश शीघ्र ही मछली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा पटना में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मछली उत्पादन और उसकी मार्केटिंग को लेकर कई स्तरों पर पहल कर रही है वित्त मंत्री ने उम्मीद जतायी कि प्रतिवर्ष छह लाख बयालीस हजार टन मछली उत्पादन के साथ प्रदेश जल्द ही आत्मनिर्भर हो जायेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रति दिन उन्नीस लाख इकतालीस हजार लीटर दूध का संग्रह किया जा रहा है और पन्द्रह लाख लीटर दूध की मार्केटिंग भी हो रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभूकों को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाने के लिए आज से सताईस फरवरी तक प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जायेगा मुजफ्फरपुर और नवादा से हमारे संवाददाताओंने खबर दी है कि इस अभियान को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गयी है और इस योजना के प्रति जागरूकता के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राज्य सरकार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत राज्य के कॉलेजों विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की आधारभूत संरचनाओं के विकास पर पैंतालीस करोड़ रूपये खर्च करेगी यह राशि शिक्षा विभाग के अवर सचिव द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को उपलब्ध करायी जायेगी इस राशि से बीस शैक्षणिक संस्थानों की आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा उधर शिक्षा विभाग ने वित्त रहित स्कूल और कॉलेजों के लिए छह अरब रूपये को मंजूरी प्रदान कर दी है पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने और तेज पछुआ हवा के कारण प्रदेशभर के औसत तापमान में कमी दर्ज की गयी है सात डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर का सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा गया का न्यूनतम तापमान सात दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और पटना का नौ दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल ठंड में कमी की सम्भावन नहीं है पटना जंक्शन से खुलने वाली पटना जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस का समय चौदह फरवरी से बदल जायेगा पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यह ट्रेन पटना जंक्शन से पूर्व निर्धारित समय दोपहर साढ़े तीन बजे खुलेगी लेकिन जयनगर पूर्व निर्धारित समय से एक घंटा दस मिनट पहले रात नौ बजकर पचास मिनट पर पहुंचेगी अभी यह ट्रेन रात्रि ग्यारह बजे जयनगर पहुंचती है ओडिशा के कटक में खेले जा रहे अंडर ट्वेंटी थ्री महिला वन डे क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने पुड्डूचेरी को बयालीस रनों से पराजित कर दिया है बिहार की यह दूसरी जीत है हरियाणा के रोहतक में कल से शुरू हो रही छियालीसवीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप के लिए बिहार की बालक और बालिका टीम घोषित कर दी गयी है बालक टीम के कप्तान बेगूसराय के आलोक कुमार जबकि बालिका टीम का नेतृत्व बेगूसराय की सुमन कुमारी कर रही हे इंटरमीडिएट परीक्षा के आठवें दिन चौदह परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया है सबसे अधिक रोहतास जिले में पांच परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया पटना नगर निगम के वार्ड छब्बीस के पार्षद के लिए हुये उप चुनाव में नीता राय ने जीत दर्ज की है दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कम्पनी के कार्यालय से इकसठ हजार रुपये लूट लिये पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि पांच जिलों में तिरसठ किलोमीटर सड़कों को चौड़ा और सृदृढ़ किया जायेगा उन्होंने कहा कि विभाग ने इसके लिए एक सौ सात करोड़ रूपये जारी कर दिये हैं बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में एक झोपड़ी में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन लोग गम्भीर रूप से झुलस गये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के दोषियों को सजा सुनाये जाने की खबर को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान ने लिखा है ब्रजेश को अंतिम सांस तक कैद इस खबर को अन्य अखबारों ने भी आंकड़ों ग्राफिक्स और तस्वीरों के साथ प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है दिल्ली फिर हुई आप की दैनिक भास्कर की सुर्खी है नालों की फर्जी सफाई पर पैसे निकाले इसलिए हम ड्रबे अब तेरह बड़े नालों की साल में तीन बार की जायेगी सफाई प्रभात खबर ने शिक्षा से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है बिहार में गणित की पढ़ाई का क्रेज बरकरार

दो पालियों में आठ मार्च को होगी परीक्षा